श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े निर्णय करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव का प्रयास करना चाहिए

श्री मोदी पहले भी दो बार म्ख्यमंत्रियों से चर्चा कर च्के हैं कृषि मंत्री समीक्षा केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने औद्यानिकी से जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को कायम रखने के भी निर्देश दिये हैं केंद्रीय मंत्री ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में कृषि और कृषि क्षेत्र के उत्पादों के उपार्जन परिवहन के बारे में राज्यों से उनकी वर्तमान स्थिति दिक्कतों और आगे की रणनीति पर चर्चा की बैठक में खासतौर पर लॉकडाउन अवधि में कृषि और बागवानी क्षेत्र पर इसके असर की भी विवेचना की गई इस अवसर पर प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी कि लॉकडाऊन अवधि में केन्द्र की सभी एडवाइजरी के परिपालन के साथ ही राज्य और जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गए हैं उन्होंने ऊधमसिंह नगर और हरिदवार जिलों में तुड़ाई के लिए कामगारों की उपलब्धता की दिक्कत के बारे में केन्द्र का ध्यानाकर्षण किया साथ ही लॉकडाउन अवधि में फूलों के व्यवसाय को हो रहे न्कसान का उल्लेख भी प्रम्ख रूप से किया

कोरोना वायरस के मददेनजर केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है यह पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्याद स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं ली जा सके क ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है

कोरोना टीम टिहरी टिहरी जिले में लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने नरेंद्रनगर चंबा जौनप्र भिलंगना देवप्रयाग सहित सभी नौ विकासखण्डों में टीमों का गठन किया है यह टीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारियों को दैनिक उपयोग में आने वाली वस्त्ओं को सही दाम और ग्णवता स्निश्चित करते हुए बेचने के निर्देश दे रही है मुख्य खाद्य अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि टीमों दवारा व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने को कहा जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकारी निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी कोरोना अपडेट चमोली चमोली जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एहतियात के तौर पर कल आठ अन्य लोगों को होम क्वारंटीन किया है

जिला अस्पताल गोपेश्वर को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मुख्य अस्पताल बनाया गया है

जिले में कोरोना का अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है

इससे किसानों को राहत मिली है

जिले के प्रगतिशील किसान आनंद तिवारी और गुरुदास कालरा ने वर्तमान विषम परिस्थितियों में सरकार दवारा किसानो के हित में उठाये गए कदम का स्वागत किया है

कोरोना पिथौरागढ़ सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना वायरस का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है हालांकि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है जिले की नेपाल सीमा पर खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है वहीं लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार और प्रशासन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता अपना योगदान दे रहे हैं

दुनिया के विभिन्न देश इस दवाई की आपूर्ति के लिए भारत से उम्मीद लगाए हए हैं देश में अनेक स्थानों पर तैयार होने वाली एचसीक्यूएस टैबलेट देहरादून में भी बनती है सेलाक्ई स्थित आईपीसीए लिमिटेड इप्का लैबोरट्रीज नामक फैक्ट्री में एचसीक्यूएस टैबलेट का निर्माण किया जाता है यह दवाई आमतौर पर मलेरिया के मरीजों को दी जाती है